मोदी यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मालदीव और श्रीलंका की दो दिन की यात्रा पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री पहले माले में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे वे आज मालदीव की संसद मजलिस को भी संबोधित करेंगे यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है

माले और श्रीलंका की यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र से जुड़े पड़ोसी देश भारत और मालदीव द्विपक्षीय संबंधों को काफी महत्व देते हैं दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं हाल के वर्षो में ये संबंध और मजबूत हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की भागीदारी और बढ़ेगी विदेश मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग सहित वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया पनबिजली क्षेत्र में भागीदारी और सहयोग बढ़ाने पर विशेष रूप से बातचीत हुई विदेश मंत्री ने एक ट्वीट में बताया कि भारत भूटान के साथ अपने विशेष संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है श्री दोरजी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत के साथ भूटान के संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि भूटान के नेताओं के साथ विदेशमंत्री जयशंकर की बातचीत रचनात्मक रही

आजीविका मिशन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि आजीविका मिशन में गठित समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से समूह के प्रत्येक सदस्य के घर का आजीविका गतिविधि प्लान तैयार किया जायेगा

ग्राम सभाओं में अनुमोदन के बाद गतिविधियाँ शुरू की जायेगी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना और अन्य शासकीय योजनाओं खासकर कृषि पुशपालन मत्स्य पालन बाँस मिशन आदि परियोजनाओं में कन्वर्जेंस से बड़े पैमाने पर आजीविका गतिविधियाँ शुरू की जानी है इसके लिये ग्राम संगठन स्तर पर मिशन के समूहों से जुड़े हितग्राहियों के घर का आजीविका गतिविधि प्लान तैयार किया जा रहा है

मिशन ग्रामीण गरीब महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये भी काम कर रहा है

इस मौके पर श्रीमती पटेल ने कहा कि खेलों से जीवन में अनुशासन परिश्रम और आत्म विश्वास की प्रेरणा मिलती है उन्होंने खेलो इण्डिया योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे देश में खेल के स्तर में सुधार होगा राज्यपाल ने प्रशिक्षकों से कहा कि खिलाड़ियों को खेलों के नियम और तौर तरीकों से अच्छी तरह अवगत करायें

प्रज्ञा अदालत भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव विस्फोट मामले में कल मुम्बई की विशेष एनआईए अदालत में पेश हुई इस दौरान उन्होंने अदालत में मालेगांव विस्फोट के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया प्रज्ञा ठाक्र ने यह भी कहा कि इस मामले में कितने गवाहों की जांच की गई है इसकी भी उन्हें जानकारी नहीं है सांसद बनने के बाद प्रज्ञा ठाकुर की अदालत में यह पहली पेशी थी अदालत अभी इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज कर रही है इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सात व्यक्ति मुकदमे का सामना कर रहे हैं

भोपाल केपिटल एरिया में मंडीदीप औबेदुल्लागंज सीहोर और इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया में देवास पीथमपुर और महू को शामिल किया जायेगा श्री सिंह ने कल प्रशासन अकादमी में मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड की ओर से आयोजित कार्यषाला में कहा कि अगले पाँच वर्ष में हाउसिंग बोर्ड को और मजबूत किया जायेगा कार्यषाला को नगरीय विकास और आवास के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने भी संबोधित किया

फसल समीक्षा राज्य कृषि उत्पादन आयुक्त ने प्रभांशु कमल ने कल उज्जैन में रबी फसलों की समीक्षा और खरीफ फसलों की तैयारियों को लेकर बैठक की बैठक में उन्होंने कहा कि मालवांचल में सबसे अधिक सोयाबीन की बोनी की जाती है और इसकी उत्पादकता और बढ़ाने की आवश्यकता है श्री प्रभांश ने अधिकारियों से कहा कि किसानों को विश्वास में लेकर फसल चक्र में परिवर्तन लाना चाहिए कुषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर जिलों में विभिन्न तकनीकों को अपनाकर उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है उन्होंने दालों एवं मोटे अनाज के रकबे में बढ़ोतरी के निर्देश दिये हैं

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि अल्पवर्षा के कारण पूरे देश में जलसंकट है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें भी राजनीति कर रहे हैं श्री सलूजा ने कल भोपाल में जारी विज्ञप्ति में जलसंकट को प्राकृतिक संकट बताते हुए कहा कि इसमें किसी सरकार या दल का दोष नहीं है लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह इसमें भी राजनीति ढूंढ लाए हैं श्री सलूजा ने कहा कि श्री राकेश सिंह जलसंकट को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से गृह विभाग के जल स्रोतों पर पुलिस व्यवस्था के निर्देश पर भी सवाल उठा रहे हैं उल्लेखनीय है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कल कहा था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार में बिजली और पानी संकट गहरा गया है राज्य सरकार इनसे निपटने में सफल नहीं हो पा रही है भाजपा सांसद ने कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों को स्वयं ही जनता से सीधे संवाद करने के लिए मैदान में आना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है वहीं बिजली कटौती के विरोध में कल इंदौर शहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध में प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की किकेट आईसीसी क्रिकेट विश्वकप में कल श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया लगातार बारिश के कारण एम्पायरों ने मैदान का निरीक्षण करने के बाद मैच रद्द करने का फैसला किया दोनों ही टीमों कों एक एक अंक दिये गये दूसरी ओर आज बांग्लादेश का मुकाबला इंग्लैंड से होगा कार्डिफ में ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद तीन बजे से शुरू होगा एक अन्य मुकाबले में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होंगी मौसम प्रदेश में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का दौर जारी है

मौसम विभाग ने आज छतरपुर और खरगोन जिलों सहित दो दर्जन से अधिक जिलों में भी लू की संभावना जताई है